बिहार के सत्तर विद्यार्थी कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा

जलवायु संरक्षण मद्य निषेद्य के समर्थन में तथा दहेज और बाल विवाह के विरूद्व जागरूकता के लिए आज राज्यभर में मानव श्रंखला बनायी जायेगी इसे लेकर विभिन्न जिलों में विशेष तैयारियां की गयी है पूरे राज्य में सोलह हजार चार सौ किलोमीटर से अधिक लम्बी यह मानव श्रृंखला सूबह साढ़े ग्यारह बजे से दोपहर बारह बजे तक बनेगी पूरे कार्यक्रम की पन्द्रह हेलीकॉप्टरों के माध्यम से निगरानी की जायेगी इधर पटना जिले में मानव श्रृंखला के प्रतिभागियों की सुविधा के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है सुबह छह बजे से दिन के ढाई बजे तक सड़कों पर बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गयी है वहीं कई मार्गों पर छोटे वाहन भी सुबह साढ़े नौ बजे से दोपहर एक बजे तक नहीं चलेंगे राज्य के विभिन्न जिलों में भी मानव श्रृंखला के मददेनजर राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है मानव श्रृंखला को लेकर सभी चिकित्सकों की छुट्टी रद्द रक दी गयी है पटना में पच्चीस स्थानों पर मेडिकल डेस्क की स्थापना की गयी है मुख्य समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित होगा जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाग लेंगे इससे पहले दो हजार सत्रह अठारह में मानव श्रृंखला बनायी गयी थी राज्य सरकार का अनुमान है कि मानव श्रृंखला में चार करोड़ तेईस लाख से अधिक लोग भाग लेंगे देश भर के विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा दो हजार बीस की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं यह कार्यक्रम कल नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक कार्यक्रम में भाग लेंगे श्री मोदी प्रश्नों का उत्तर देंगे और विद्यार्थियों से परीक्षा के दौरान तनाव से निपटने के बारे में बातचीत करेंगे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रदेश के सत्तर विद्यार्थी भाग लेंगे इस कार्यक्रम में दरभंगा के जवाहर नवोदय विद्यालय की नौवीं कक्षा की छात्रा अंजुम परवीन भाग ले रही हैं उन्होंने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इस कार्यक्रम से काफी प्रेरणा मिलती है और विश्वास भी बढ़ता है

इससे पहले तीन बार फैसला टल चुका है इस मामले में मुख्य आरोपी ठाकुर की याचिका अदालत ने खारिज कर दी है ठाकुर ने मामले से जुड़े गवाहों की विश्वसनियता पर सवाल उठाये थे ब्रजेश ठाकुर सहित बीस आरोपी जेल में बंद है टाटा इंस्टीच्यूट आफ सोशल साईंसेज टीआईएसएस की जांच के बाद मुजफ्फरपुर बालिका गृह में चौतीस नाबालिक लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला उजागर हुआ था प्रवर्तन निदेशालय ने अम्रपाली समूह के निदेशक अनिल शर्मा को गिरफ्तार किया है ईडी के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस समूह के दो निदेशकों को पूछताछ के लिये गिरफ्तार किया गया है उच्चतम न्यायालय के आदेश पर ईडी की टीम ने अनिल शर्मा और शिव प्रिया को सात दिनों के लिये हिरासत में लिया है न्यायालय ने पिछले सात जुलाई को बयालीस हजार आवास खरीददारों के राशि के साथ हेराफेरी के मामले में अम्रपाली ग्रूप द्वारा की गयी वित्तीय घोटाले की जांच का आदेश दिया था पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि राज्य के सात जिलों में सड़कों और पुलों की मरम्मत के कार्य के लिये एक सौ आठ करोड़ पचासी लाख रूपये की मंजूरी दी गयी है इनमें नालंदा जहानाबाद दरभंगा नवादा औरंगाबाद गोपालगंज और सीतामढ़ी जिले शामिल हैं राजस्व और भूमि सुधार विभाग दाखिल खारिज और ऑनलाइन लगान से लेकर जमीन सर्वे के काम में कोताही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने पचास वर्ष उम्र पार कर चुके काम में कोताही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है इसके लिये विशेष टीम गठित की गयी है राजधानी पटना सहित आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह हल्की ब्रंदाबांदी हुयी कई इलाकों में बादल छाये रहने के कारण फिर से ठंड बढ़ी है रोहतास जिले का डिहरी और भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान ग्यारह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी हिस्सों में चक्रवाती दबाव बनने के कारण अगले चौबीस घंटों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिये कैमूर और वैशाली जिले के लिये एक करोड़ आठ लाख रूपये आवंटित किये हैं इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में की जायेगी मुजफ्फरपुर में आज सेना वहाली के पहले चरण की लिखित परीक्षा होगी इस परीक्षा में सिपाही फार्मा सोल्जर टेक्नीकल सोल्जर क्लर्क नर्सिंग सहायक की शारीरिक दक्षता और मेडिकल में एक हजार पांच सौ अभ्यर्थी भाग लेंगे राज्य के प्राथमिक और मीडिल स्कूलों में तीन हजार नये चापाकल लगाये जायेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के अंतर्गत प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पुराने बंद पड़े चापाकल के स्थान पर नये चापाकल लगाये जायेंगे देश में आज पांच वर्ष से कम आयु के सत्रह करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खु्राक पिलाई जाएगी भारत में पोलियो उन्मूलन की स्थिति बनाए रखने के लिए आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर सभी राज्यों में पोलियो बूथ सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक खुले रहेंगे गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लॉन बॉल स्पर्धा में बिहार की टीम ने दो कांस्य पदक जीते हैं लॉन बॉल में बिहार का यह चौथा पदक है इससे पहले बिहार की टीम महिला युगल में स्वर्ण पदक जबकि पुरूष वर्ग में कांस्य पदक जीत चुकी है इस टीम में पुरूष वर्ग में तौसीफ अहमद और हर्ष राज जबकि महिला टीम में जुबैरिया सना खातुन खुशबू कुमारी और निखत खातुन शामिल थीं मुजफ्फरपुर में खेले जा रहे अखिल भारतीय फुटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट में खेले गये क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मुजफ्फरपुर की टीम ने पश्चिम बंगाल के ड्यर्स फुटबॉल एकेडमी को दो एक से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया पटना में खेले जा रहे महिला ट्वेंट्ी ट्वेंट्ी क्रिकेट प्रतियोगिता में इंडिया बी की टीम ने बांग्लादेश को पराजित कर फाइनल में प्रवेश कर ली है इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बाईस जनवरी को खेला जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में बनने वाली मानव श्रृंखला की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है पर्यावरण संरक्षण के लिये विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनेगी आज फिर इतिहास रचेंगे बिहारवासी दैनिक जागरण की सुर्खी है झारखंड यूपी व नेपाल की सीमा तक दिखेगा कतार दैनिक भास्कर ने का शीर्षक है मानक तय कामकाज के आधार पर पहचान की प्रक्रिया शुरू राजस्व और भूमि सुधार विभाग के पचास साल पार सुस्त अधिकारी हटाये जायेंगे प्रभात खबर ने लिखा है ब्रजेश ठाकुर की याचिका हुयी खारिज दैनिक आज की सुर्खी है मौसम का बिगड़ा मिजाज कोहरे से ढंका बिहार

बिहार के सत्तर विद्यार्थी कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा